प्रदेशभर में श्रद्वा और उल्लास के साथ कल मनायी गयी होली नोवल कोरोना वायरस से जूझ रहे ईरान से अट्ठावन भारतीय जायरीन को लेकर भारतीय वायुसेना का एक सैन्य विमान कल सुबह गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा इन यात्रियों की चिकित्सा जांच की जा रही है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण परिस्थतियों से निपटने में सहयोग के लिए ईरान में भारतीय दूतावास के अधिकारियों वहां गए भारतीय चिकित्सा दल और भारतीय वायु सेना के अलावा ईरान के अधिकारियों को धन्यवाद दिया है श्री जयशंकर ने कहा है कि सरकार ईरान से अन्य भारतीयों को लाने पर भी काम कर रही है

ये नए मामले बंगलुरू और पुणे से हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेष सचिव संजीवा कुमार ने कल नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रखते हुए इस संक्रमण को फैलने से रोकने के हरसंभव उपाय कर रही है माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षकर्षन ने दिल्ली हरियाणा केरल राजस्थान तेलंगाना तमिलनाडु पंजाब कर्नाटक और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रियों से तथा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी के जम्मू और कस्मीर के रपराण्यपालों से चर्चा की उन्होंने कोरोना रोगियों की स्वास्थ्य की वस्तु स्थिति का जायजा लिया और केंद्र सरकार द्वारा सहायता का आश्वासन दिया केन्द्रीय मंत्रिमण्डल सचिव राजीव गॉबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचियों से कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों का जायज़ा लिया उन्होंने प्रवेश मार्गो पर चौकसी रखने निगरानी बढ़ाने तथा प्रयोगशालाओं और अस्पतालों को तैयार रखने पर ज़ोर दिया श्री गॉबा ने राज्यों से कहा कि वे कोरोना वायरस से संदिग्ध रूप से ग्रस्त लोगों को अलग रखने की सुविधाओं तथा सुचना प्रबंधन और जोखिम के बारे में जानकारी देने का बन्दोबस्त करें इस बीच केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी तरह की पूछताछ के लिए हेल्पलाइन नम्बर शून्य एक एक दो तीन नौ सात आठ शून्य चार छ और ई मेल आई डी एन सी ओ वी टू थाउजेन्ट नाइन्टीन ऐट द रेट आफ जी मेल डाट काम जारी की है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि सौ से अधिक देशों में घातक नोवेल कोरोना वायरस के फैलने के बाद इसके वैश्विक महामारी बनने का खतरा बढ गया है हालांकि संगठन ने यह भी कहा कि अब भी इस वायरस पर नियंत्रण किया जा सकता है नोवेल कोरोना वायरस दुनिया भर में एक सौ पांच देशों में फैल गया जिससे तीन हजार आठ सौ सत्रह लोगों की मौत हो चुकी है और एक लाख दस हजार उन्तीस लोग संक्रमित हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में बैठक हई बैठक में राज्यसभा के द्विवाार्षिक चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन के दौरान निजी और सार्वजनिक सम्पत्ति को नूकसान पहुंचाने के आरोपियों के पोस्टर नगर की सड़को से तत्काल हटाने का निर्देश ज़िला प्रशासन को दिया है मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खण्डपीठ ने ज़िलाधिकारी को अनुपालन रिपोर्ट सोलह मार्च या इससे पहले देने का निर्देश भी ज़ारी किया है न्यायालय ने कहा है कि अनुपालन आख्या के मिलने पर इस याचिका को निस्तारित माना जायेगा गौरतलब है कि पुलिस ने पिछले साल दिसम्बर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा में संलिप्त लोगों की पहचान कर पूरे शहर में उनके पोस्टर और होर्डिंग्स लगाये हैं इन होर्डिंग्स में आरोपियों के नाम फोटो और आवासीय पतों का ज़िक्र है जिसकी वजह से नामज़द आरोपी अपनी सुरक्षा के बारे में आशंकित हैं इन आरोपियों को एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर निजी और सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति करने को कहा गया है जिला प्रशासन ने भरपाई न करने की स्थिति में इन आरोपियों की सम्पत्तियां जब्त करने की चेतावनी भी दी है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सम्बोधित अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा है कि वे पिछले अट्ठारह वर्षो से पार्टी में रहे हैं लेकिन अब वे पार्टी में रहते हुए अपने राज्य और देश की जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निकाला गया है इससे पहले श्री सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कल नई दिल्ली में मुलाकात की

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही फिलहाल देश में कोई भी रेल यात्री सेवा निजी ऑपरेटरों द्वारा नहीं चलाई जा रही है रामनगरी अयोध्या के सौन्दर्यीकरण के लिए स्थानीय सांसद लल्लू सिंह ने पैंतीस करोड़ रूपये लागत की कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सआदतगंज से अयोध्या की तरफ जाने वाले लगभग सात किलोमीटर लम्बे सर्विस रोड छह किलोमीटर लम्बे ड्रोन नाला और बारह किलोमीटर से ज़्यादा लम्बी इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण करायेगा परियोजना के तहत पन्द्रह किलोमीटर लम्बा क्रॉस बैरियर और साढ़े तीन किलोमीटर लंबा मीडियम कर्व भी बनाया जायेगा इस अवसर पर स्थानीय सांसद श्री सिंह ने बताया कि केन्द्र और राज्य सरकार अयोध्या के विकास के लिए रोज़ नई नई योजनाएं बना रही हैं ताकि रामनगरी का विकास उसकी मर्यादा और वैभव के अनुरूप किया जा सके केन्द्र सरकार की नमामि गंगे योजना के तहत बिजनौर ज़िले में गंगा नदी के किनारे आबाद गाँवों की एक सौ बीस हेक्टेयर ज़मीन पर पौधारोपण किया जा रहा है जिले के बाइस गाँव ऐसे हैं जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं उत्तराखण्ड से प्रदेश की सीमा में गंगा बिजनौर में ही सबसे पहले प्रवेश करती है इन गॉवों में पौधारोपण से गंगा को निर्मल बनाने में मदद मिलेगी

यह घोषणा महिलाओं की स्थिति से संबद्व आयोग की चौसठवीं बैठक में स्वीकार की गई भाईचारे और सद्भावना का प्रतीक होली का त्योहार कल प्रदेश भर में धार्मिक सद्भावना और उत्साह के साथ मनाया गया लोग सुबह से ही रंग अबीर और गुलाल लेकर घरो से निकल पड़े तथा एक दूसरे को रंगो से सराबोर करते हुए पर्व की बधाई दी नौजवानों की टोलियां पारम्परिक होली के गीत गाते हुए ढोल नगाडों के साथ निकलीं और जमकर होली खेली ब्रज तथा अवध क्षेत्र में होली पर्व का विशेष उत्साह रहा समूचे ब्रज मण्डल में कल होली की धूम रही चारो ओर होली के गीत गाये गये और लोगों ने अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को पर्व की बधाई दी मथुरा और वृन्दावन के मंदिरो में होली का विशेष उत्साह देखा गया बांके बिहारी जी मंदिर ठाकुर राधाबल्लभ मंदिर राधारमण मंदिर निधिवनराज मंदिर द्वारिकाधीश मंदिर और श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भारी संख्या में लोगों ने जमकर होली खेली इनमें विदेशी पर्यटक भी शामिल रहे भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में भी होली का पर्व उत्साह पूर्वक मनाया गया यहां होली रंगभरी एकादशी के दिन से ही शुरू हो जाती है होली के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गये थे प्रदेश में कल कई स्थानों पर होली की शोभा यात्राएं निकाली गयीं शाहजहांपुर में लाट साहब का जुलूस निकाला गया बताया गया है कि वहां लगभग सौ वर्षो से इस जुलूस को निकालने की परम्परा है पीलीभीत बलरामपुर अमरोहा में धार्मिक सद्भाव के साथ त्योहार मनाया गया वाराणसी में गंगा के घाटो पर विदेशी पर्यटकों द्वारा खेली गयी होली आकर्षण का केन्द्र रही यहां होली का लुत्फ उठाने के लिए विदेशी सैलानी कई दिन पहले से ही आना शुरू हो गये थे